मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में आयोजित किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में शामिल हुए इस अवसर पर लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार धान गेहूं सहित सभी वन उत्पादों के विकास एवं उचित दाम के लिए प्रयास कर रही है जल्द ही राज्य में एक कृषि एवं वनोपज महासंघ का निर्माण किया जाएगा

श्री सोरेन ने कहा कि लाह रेशम के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं झारखण्ड में मेहनती किसान हैं और उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान भी हैं उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आने वाले समय में किसानों के हितों की रक्षा करते हुए राज्य को आगे बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है और हर भारतीय को इस पर गर्व होगा उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में देश के लिए नीति बनाना सर्वोपरि है श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन सोशल मीडिया प्लेटफार्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश के कानून का उल्लंघन करते पाये जायेंगे अथवा फर्जी खबरें फैलाने और देश में हिंसा को उकसाने की कार्रवाई में लिप्त पाये जायेंगे राज्यसभा में आज ट्वीटर फेसबुक व्हाट्सएप तथा लिंक्डइन का नाम लेते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इन प्लेटफार्म का देश में लाखों लोग उपयोग करते हैं उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जायेंगी

विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने संदेश में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में स्त्री पुरूष के अंतर को पाटने का सभी से आह्वान किया झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आगामी छब्बीस फरवरी को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के प्रारंभिक अभिभाषण के साथ ही शुरू हो जाएगा पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी

तेईस मार्च तक चलनेवाले बजट सत्र के दौरान सोलह कार्यदिवस होंगे और दस दिनों का अवकाश होगा राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में आगामी तीन मार्च को वित्तीय वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस का बजट पेश किया जाएगा इससे पहले एक मार्च को चालू वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट उपस्थापित किया जाएगा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् जैक ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है इस सम्बन्ध में परिषद ने सभी जिला प्रशासन से पूरी जानकारी मांगी है परिषद् से मिली जानकारी के अनुसार इस बार ग्यारह सौ नए परीक्षा केंद्र बनाते हुए कुल पच्चीस सौ परीक्षा केंद्र बनाये जायेंगे साथ ही परीक्षा केंद्रों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन भी लगाए जाने का निर्देश दिया गया है

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

चाईबासा के गोइलकेरा में मुख्य पथ के नीचे चालीस किलोग्राम के दो आईईडी बम बरामद हुए हैं जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्किय कर दिया इधर कल देरे शाम गढ़वा जिले के भंडरिया स्थित ब्रढ़ापहाड़ जंगल क्षेत्र से छियालीस आईईडी बम को बरामद कर प्रलिस ने निष्क्रिय कर दिया उधर बोकारो जिले के महुआटांड़ थानाक्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल हुए दो जवानों का रांची स्थित मेडिकल अस्पताल में चल रहा है जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक रायफल पन्द्रह गोली एक मैगजीन तथा अन्य सामान बरामद किये गये हैं

देश में कोविड टीका लगवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ रही है

सात राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में चालीस प्रतिशत से कम स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाया गया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक इस बीमारी से एक करोड़ पांच लाखे से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

इसमें चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम ने भारतीय सूचना सेवा के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कोविड टीकाकरण के बाद उत्पन्न होनेवाली प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की खबरों को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्ती भूमिका निभाने पर जोर दिया गौरतलब है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पचास वर्ष से अधिक उम्रवाले लोगों को तीसरे चरण में कोविड का टीका तेरह फरवरी से दिया जाएगा वेबिनार में अधिकारियों से इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील की गयी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में आज संयुक्त रूप से भारतीय खिलौना मेले के वेबसाईट उदघाटन किया यह मेला सताईस फरवरी से दो मार्च तक ऑनलाईन चलेगा इस मेले में देशभर के लोग खिलौना निर्माण में अपने नये कौशल दिखा सकेंगे

अदालत ने शपथ पत्र दायर कर रिम्स से बिंदुवार जानकारी मांगी है अदालत ने कहा है कि रिम्स में किन किन पदों पर नियुक्ति के लिए कब कब विज्ञापन निकाले गए हैं इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाये साथ ही अदालत ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खरीदे गए उपकरणों की भी जानकारी मांगी है आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की अदालत ने रिम्स की चिंकित्सकीय व्यवस्था पर टिपण्णी करते हुए कहा कि यह बेहद लचर है और इसके लिए रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार को गंभीर होने की जरूरत है साहिबगंज जिले में ग्रामीण विकास कल्याण विभाग तथा कृषि और पशुपालन विभाग के कन्वर्जेस से पशुधन विकास योजना संचालित कर गांव में रहने वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जाएगी